यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी कोन्द्रों से शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा इस कार्यकम का पुर्नप्रसारण सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे होगा कार्यकम को आकाशवाणी के विविध भारती सहित सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे गौरतलब है कि दिल से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हर महीने के दूसरे रविवार को समसमायिक विषयों पर प्रदेशवासियों के साथ संवाद करते हैं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 इसमें पांच वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जा रही है तीन दिन तक चलने वाले इस अभियान में पहले दिन आज पोलियो बूथ लगाए गए हैं उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई जाएगी खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रशासन ने पोलियो दवा पिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है उधर ग्वालियर में पोलियो की खुराक पिलाने के लिये दो हजार तीन सौ पेंसठ बूथ बनाये गये है इस अभियान में लगभग पांच हजार कर्मचारी और दो सौ सुपरवाइजर तैनात किये गये है यहां उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की

बचाव अभियान में सेना के विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है लगभग तीस फीट की गहराई पर फंसे बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ ही नली के माध्यम से दूध आदि भी मुहैया कराया गया

उसे कल से ही सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं हिलेरी क्लिंटन दौरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन आज एक नीजि कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपने दो दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रही है

श्रीमती क्लिंटन इस दौरान महेश्वर और मांडू भी जाएंगी सुखाग्रस्त विदिशा विदिशा जिले में औसत से काफी कम वर्षा होने के कारण पेयजल संकट शुरू हो गया है जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर पानी की मितव्ययिता संबंधी उपायों को लागू कर दिया गया है नागरिकों से भी पानी का सोच समझकर उपयोग करने के लिए कहा गया है क्षेत्र की जीवनदायिनी बेतवा नदी में अधिकांश स्थानों पर पानी सूखने या कम होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गयी है फिलहाल कालीदास बांध की मदद से शहर में पानी प्रदाय किया जा रहा है संगीत समारोह सुप्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमीर खाँ की स्मृति में इन्दौर में कल से तीन दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर का आयोजन किया जायेगा इस समारोह के दौरान उस्ताद अमीर खाँ पर केन्द्रित दुर्लभ छायाचित्रों की प्रदर्शनी प्रीतमलाल दुआ वीथिका में लगाई जायेगी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल विक्रम कीर्ति मन्दिर में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगी